घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतों में लगभग पचास रुपए की बढ़ोतरी तेल कंपनियों ने की नई कीमतें आज से लागू रांची में आयोजित आठवीं राष्ट्रीय ओपन और चौथी अंतराराष्ट्रीय वॉक प्रतियोगिता का हुआ समापन पैंतीस किलोमीटर में झारखंड के विकास ने जीता कांस्य पदक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

झारखंड समेत देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गो पर आज आधी रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा और नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने प्रतीक्षा समय को घटाने ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है

मंत्रालय एम और एन श्रेणी के वाहनों में इस वर्ष पहली जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर चुका है एम श्रेणी में यात्री वाहनों को रखा गया है जबकि एन श्रेणी में मालदुलाई वाले वाहन आते हैं ऐसे वाहनों में कुछ व्यक्ति भी यात्रा कर सकते हैं

इस तरह अबतक कोरोना के कुल एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ सोलह मामले सामने आ चुके हैं जिनमें एक लाख सत्रह हजार सात सौ तिहतर लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक हजार बिरासी की मौत हो चुकी है वहीं सक्रिय मामलों की संख्या चार सौ इकसठ है

झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के अवकाश ग्रहण की उम्र को सरसठ वर्ष से बढ़ाकर सत्तर वर्ष करने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है इस प्रस्ताव को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मंजूरी मिलने के बाद स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कम संख्या को देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया है केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अब कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहना होगा

हालांकि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आनें में छट रहेगी अभी तक अवर सचिव और इससे उच्च पदों पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों के लिए रोजाना कार्यालय आना अनिवार्य था लेकिन अब केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को लिए इसे लागू कर दिया गया है राज्य के वित्त सह खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि प्रदेश में किसी की मौत भूख से नहीं होने दी जाएगी उन्होंने कहा कि सभी गरीबों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है लोहरदगा जिला के पेसरार प्रखंड स्थित पुनदाग गांव में कृषि प्रदर्शनी सह गोष्ठी में उन्होंने फूलों की खेती पर जोर दिया उन्होंने कहा कि इसके लिए बाजार सरकार उपलब्ध कराएगी

इनमें बडी संख्या में महिला शिल्पकार भी शामिल होंगी इस बार के हनर हाट का मुख्य विषय वोकल फोर लोकल है

घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत में लगभग पचास रुपए का इजाफा तेल कंपनियों ने किया है रांची में चौदह दशमलव दो किलोग्राम नन सब्सिडी गैस की कीमत अब लगभग आठ सौ छब्बीस रुपए होगी वहीं उन्नीस किलोग्राम वाले व्यवसायिक गैस सिलिंडर के लिए ग्राहकों को लगभग एक हजार छह सौ इकतालीस रुपए देने होंगे नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं

राज्य के पच्चीस लाख उनहत्तर हजार छह सौ छियालीस किसानों को पिछले एक साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है केंद्रीय क्रषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा मांगी गई सूचना पर यह जानकारी लोकसभा में दी उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद से किसान सम्मान निधि के तहत यहां के किसानों के खाते में एक सौ तीस करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं उन्होंने बताया कि योजना शुरू होने से लेकर अबतक झारखंड के किसानों को लगभग दौ सौ करोड़ रुपए हस्तांतरित किया जा चुका है

कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा एम एस पी कार्यक्रम के आधार पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

रांची की मेजबानी में आयोजित आठवीं राष्ट्रीय ओपन और चौथी अंतराराष्ट्रीय वॉक प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल पैंतीस किलोमीटर वल्ड कप क्वालिफेकेशन में उत्तराखंड के मनीष क्मार को स्वर्ण पदक और झारखंड के विकास को कांस्य पदक मिला पचास किलोमीटर पुरुष में पंजाब के गुरप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया

समापने समारोह में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विजेताओं को सम्मानित किया चेन्नई में खेले जा रहे भारत इंग्लैंड टेस्ट सिरीज के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा इससे पहले दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने आस्ट्रेलिया की प्री टीम को एक सौ चौंतीस रनों पर समेटने के बाद अपनी दूसरी पारी में एक विकेट खोकर चौवन रह बना लिए थे इस तरह भारत अबतक दो सौ उनचास रन की बढ़त ले चुका है रांची जिले की पुलिस को चोर गिरोह के दस सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है इन चोरों के पास से नकद समेते चोरी के कई सामान भी बरामद किए गए है वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि यह चोर गिरोह ग्रामीण इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था खलारी थाना क्षेत्र में पिछले एक माह के दौरान चोरी की तेरह घटनाओं को इस गिरोह ने अंजाम दिया था

रांची नगर निगम ने अवैध रुप से संचालित लॉज और हॉस्टल के संचालकों को लाइसेंस लेने के लिए सताइस फरवरी तक आवेदन करने को कहा है इसके बाद अगर कोई हॉस्टल अथवा लॉज बिना लाइसेंस के संचालित किया जाएगा तो पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ सील भी किया जाएगा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने रांची के सांसद संजय सेठ को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया है झारखंड विधानसभा अध्यक्ष डॉ रवीद्रं नाथ महतो आज दसवीं अनुसूची के तहत दल बदल मामले पर सुनवाई करेंगे यह सुनवाई दिन के बारह बजे से होगी अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है शिक्षक नियुक्ति ने विसंगतियों को राज्य सरकार दूर करेगी इस खबर को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने की लीड बनायी है दैनिक भास्कर ने झारखंड में मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र सत्तर साल करने संबंधी तैयार किए गए प्रस्ताव से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने उत्तराखंड के तपोवन त्रासदी में लापता लोगों के परिजनों को एनटीपीसी द्वारा बीस बीस लाख रूपये मुआवजा दिए जाने की घोषणा को पहले पन्ने पर लिया है आज से जेपीएससी सिविल सेवा के फॉर्म भरे जाएंगे की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोची में कई परियोजनाओं की शुरूआत की खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने की लीड बनायी है